इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षो से हाईडल प्रोजेक्ट के जो कार्य रूके हुए थे प्रदेश सरकार उन परियोजनाओं पर कार्य शुरू करने के लिए विशेष कदम उठा रही है

मुख्यमंत्री ने भरमौर में सिविल अस्पताल और आईटीआई भवन की आधारशिला भी रखी चौरासी मंदिर में आयोजित जनसभा में उन्होंने भरमौर में सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग का मंडल और होली में विभाग का सबडिविजन खोलने की घोषणा की मुख्यमंत्री दो मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविख्यात मणिमहेश यात्रा पर देश के विभिन्न राज्यों से हर वर्ष लाखों श्रद्वालु आते हैं जिन्हें सुविधा देने के लिए सरकार वचनबद्ध है उन्होंने कहा कि लोगों की मांग पर गौरीकुंड व मणिमहेश डलझील के बीच हैलीपैड निर्माण की संभावनाएं तलाशी जाएंगी ताकि लोगों को मणिमहेश पहुंचने में सुविधा मिल सके उन्होंने उपायुक्त को हैलीपैड के निर्माण की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश भी दिए

ऐसे मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक जाकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत वोट देने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा

यह आवेदन पत्र चुनाव अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के अंदर चुनाव अधिकारी तक पहुंच जाने चाहिए आवेदन मिलने के बाद मतदाता को डाकमतपत्र जारी किया जाएगा महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में बागवानी विकास और जल संग्रहण पर साढ़े छ हजार करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं उन्होंने आज मण्डी जिले में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अनेक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार हर खेत को पानी पहुंचाने और किसानों बागवानों की सिंचाई से जुड़ी समस्याओं के पूर्ण समाधान के लिए काम कर रही है उन्होंने कहा कि एचपी शिवा परियोजना के तहत प्रदेश में बागवानी कलस्टर बनाए जा रहे हैं और फसलों के विविधिकरण पर जोर दिया जा रहा है गोविंद ठाक्र वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कुल्लू जिले में ओल्ड मनाली दुंगरी का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित किया जा रहा है वे आज दुंगरी गांव में सामुदायिक भवन का शिलान्यास करने के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि मनाली के साथ लगते सभी गांवों में हाल के वर्षो में पर्यटन गतिविधियां बढ़ी हैं इसे देखते हुए यहां सभी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है

मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने आज शिमला में योजना के अंतर्गत जैविक व शून्य बजट प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में ये बात कही

बाल्दी ने योजना के माध्यम से हुई प्रगति की सराहना भी की और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए बड़े कार्यक्रमों के आयोजन पर बल दिया

प्रधान सचिव कृषि ओंकार चंद शर्मा और शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के राज्य परियोजना निदेशक राकेश कंवर सहित अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे भाईदूज भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज का त्यौहार आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया इस मौके पर बहने धार्मिक रीति रिवाजों के साथ अपने भाईयों का तिलक कर उनकी दीर्घायु और खुशहाली की कामना करती हैं भाईदूज का त्यौहार कार्तिक मास की द्वितीया को मनाया जाता है और इसे भ्रातृ द्वितीया भी कहा जाता है सोलन से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि भाईदूज के मौके पर बहनों ने विशेष परिधान में सज धज कर पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ अपने भाईयों का तिलक किया और मुंह मीठा करवाया

वहीं पंडित विद्यादत्त शर्मा ने बताया कि भाईद्रज पर्व का शास्त्रों में विशेष वर्णन है

उन्होंने कहा कि मेले व त्यौहार प्रदेश की समृद्व संस्कृति और श्रद्वा के परिचायक हैं राजीव बिंदल ने ये भी कहा कि क्षेत्र की कौलावाला भूंड लवासा चौकी सड़क और मझाड़ा पुल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में हैं और जल्द ही इनका लोकार्पण किया जाएगा दुर्घटना शिमला जिले में रामपुर तहसील के गानवी में आज एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से तीन लोगों की मृत्यु हो गई जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है रामपुर के उप पुलीस अधीक्षक अभिमन्यु वर्मा ने बताया है कि मृतकों की पहचान गानवी निवासी निशांत और झारखंड के बुधवा व उनके पुत्र सुनील के रूप में हुई है उन्होंने कहा कि चालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है

कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है

कांगड़ा के उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने बताया है कि चार नवम्बर तक शहर के सौंदर्यकरण सहित अन्य कार्य पूरे कर लिए जाएंगे उन्होंने कहा कि देश विदेश से आने वाले निवेशकों को आकर्षित करने के लिए शहर की सजावट की जा रही है और सकोह स्थित प्रवेश द्वार से पुलिस मैदान तक विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी

भूकंप से किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है